पंचायत चुनाव प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज सभी जगहों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने बताया कि इस चरण में लगभग अस्सी प्रतिशत मतदान हुआ है हालांकि यह आंकड़े अंतिम नहीं है इस चरण में उनतालीस हजार दो सौ इंक्यावन पदों के लिए एक लाख आठ हजार से अधिक उम्मीदवार मैदान में थे रायपुर जिले में तीसरे चरण के चुनाव में तिल्दा और धरसीवां जनपद पंचायत क्षेत्रों में युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग और निशक्तजनों ने भी मतदान में उत्साहपूर्वक भाग लिया मतदान केन्द्रों में मतदाताओं की लम्बी कतारें देखने को मिली मतदान केन्द्रों में निशक्तजनों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई थी तिल्दा के ग्राम पंचायत माठ में बयानवे साल की महिला बसरा बाई विश्वकर्मा ने अपने मताधिकार का उपयोग किया वहीं बस्तर जिले में भी आज मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आज बस्तर जिले के बास्तानार तोकापाल और बकावण्ड विकासखण्ड में लगभग बहत्तर प्रतिशत मतदान हुआ है माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा और ड्रोन की निगरानी तथा महिला कमांडों की मौजूदगी के बीच मतदान हुआ गौरतलब है कि तीसरे चरण में चौबीस हजार नौ सौ बासठ पंचायत प्रतिनिधि निर्विरोध चुने जा चुके हैं कोरोना वायरस केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना वायरस के फैलाव पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर थाइलैंड और सिंगापुर से भारत आने वाले यात्रियों पर भी नजर रखी जा रही है डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत रूप से स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं इस बीच केन्द्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कार्यदल का गठन किया है उधर केरल में कोरोना वायरस के तीसरे मामले की पुष्टि हुई है कोरोना वायरस एडवायजरी इस बीच प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी कर लोगों से इस वायरस से बचाव के लिए सावधानी बरतने और अफवाहों से बचने की सलाह दी है प्रशासन ने ऐहतियात के तौर पर रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर विदेश से आने वाले लोगों की जांच के लिए स्कैनर लगाने और जांच केन्द्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं दुर्ग जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है जिले में चार अस्पतालों जिला शासकीय अस्पताल दर्ग पंडित नेहरू अस्पताल और अनुसंधान केंद्र भिलाई शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज और चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में स्पेशल वार्ड बनाया गया है चीन से जिले में आने वाले किसी भी व्यक्ति की तत्काल खोज खबर करने का आदेश सभी स्वास्थ्य केंद्रों को दिया गया है सुप्रीम कोर्ट पुनर्याचिका प्रदेश में समाज कल्याण विभाग में करोड़ों रूपये के कथित घोटाले के मामले में आरोपी बनाए गए कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष पुनर्विचार याचिका दाखिल की है गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई को इन सभी आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं इन अधिकारियों पर भाजपा शासनकाल के दौरान समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत फर्जी संस्थान बनाकर करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप है इन अधिकारियों का कहना है कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने के पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं मिली फिर राज्य स्रोत निःशक्तजन नामक संस्था में वे पदेन सदस्य थे संगठन के क्रियाकलापों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी अधिकारियों के वकील ने इस बात पर सवाल उठाए हैं कि पिछली सरकार ने माना कि इस मामले में गड़बड़ी हुई है तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई उधर इस मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व आईएएस बीएल अग्रवाल ने आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में फैसले की समीक्षा करने के लिए आवेदन दिया है मुख्य न्यायाधीश ने आवेदन को स्वीकार कर लिया है मुख्यमंत्री बजट प्रस्ताव चर्चा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में अपने विभागों जनसंपर्क ऊर्जा वित्त के साथ ही मंत्री गुरू रूद्रकुमार और मंत्री उमेश पटेल से सम्बद्ध विभागों के बजट प्रस्तावों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया इनमें सामान्य प्रशासन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ग्रामोद्योग उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा विज्ञान और प्रोद्योगिकी खेल तथा युवा कल्याण जैसे विभाग शामिल हैं धान खरीदी चक्काजाम धमतरी जिले के भखारा सोसाइटी में आज धान नहीं खरीदे जाने को लेकर कुछ किसानों ने हंगामा किया और रामपुर मोड़ के पास चक्काजाम कर दिया इसके कारण करीब एक घंटे तक धान खरीदी बंद रही किसानों ने बताया कि उन्हें आज की तारीख का टोकन दिया गया था लेकिन बिना कारण बताए उनका धान नहीं खरीदा गया चक्काजाम की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस की समझाईश के बाद किसानों ने प्रदर्शन समाप्त किया सोसायटी प्रबंधक तरुण साहू ने बताया कि सभी किसानों का धान बारी बारी से खरीदा जा रहा है कुछ किसानों का नाम रुक गया था इसके कारण धान खरीदी में थोड़ा विलंब हुआ दुर्ग बर्तन बैंक प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने और लोगों को जागरूक करने के लिए भिलाई नगर पालिक निगम ने बर्तन बैंक शुरू किया है इसका उद्देश्य प्लास्टिक और डिस्पोजल गिलास कटोरी चम्मच मुक्त शहर बनाना है निगम ने महिला स्व सहायता समूह की मदद से खुर्सीपार में बर्तन बैंक स्थापित कर लोगों को प्लास्टिक और डिस्पोजल गिलास की बजाय बर्तनों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है विभिन्न धार्मिक सामाजिक और मांगलिक कार्यो के लिए इन बर्तनों को किफायती दर पर उपलब्ध कराया जाता है इससे महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है

मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है रायपुर में आज सुबह से बादल छाए रहे और कुछ इलाकों में ब्रंदाबांदी भी हुई जिससे मौसम सर्द हो गया मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ ही कुछ स्थानों में ओले भी गिर सकते हैं

दीपांश काबरा को बिलासपुर रेंज और रतनलाल डांगी को सरगुजा रेंज का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है वहीं प्रदीप गुप्ता पुलिस मुख्यालय में महानिरीक्षक होंगे

बताया जाता है कि तिजोरी में करीब सत्ताईस लाख रूपये थे

इसमें कारपेंटर के चालीस और अलर्ट सिक्योरिटी सर्विसेस में एजेंट के नब्बे पदों पर भर्ती की जाएगी